राज्य में दो हजार चिकित्सकों की भर्ती के लिए नए सिरे से होगी परीक्षा एनएचएम संविदाकर्मियों को मिलेगा अनुभव बोनस राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा नीट और जेईई की परीक्षा होगी पूरी एतिहायात से किए जाएंगे सभी आवश्यक उपाय

हालांकि धार्मिक स्थलों पर मास्क लगाने सोशल डिस्टेंसिंग रखने सहित कोरोना से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों की पालना करना अनिवार्य होगा वहीं समय समय पर इन धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज भी करना होगा सम्बन्धित जिलों के कलक्टर और एसपी बड़े धार्मिक स्थलों पर जाकर व्यवस्थाएं देखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय हों तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सही तरीके से की जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल जयपुर में कोरोना संक्रमण को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्णय किया गया मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील की कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां तक सम्भव हो पूजा उपासना प्रार्थना और नमाज घर पर रहकर ही की जाए ताकि धर्म स्थलों पर भीड़ नहीं जुटे इस बीच श्री गहलोत ने निजी अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों से लाखों का बिल वसूलने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग इसकी पर्याप्त मॉनिटरिंग करे साथ ही यह सुनिश्चित करे कि कोई अस्पताल संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए मना नहीं करे उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर निजी अस्पताल तुरन्त सीएमएचओ को इसकी सूचना दे तथा परिजनों द्वारा बिल नहीं चुका पाने की स्थिति में हॉस्पिटल द्वारा उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाए

उधर विधायक और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं श्री सिंह ने एक बयान जारी कर बताया कि कोरोना संकमित होने पर उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है उन्होंने कहा कि उनसे इन दिनों संपर्क में आने वाले सभी लोगों को भी स्वयं को आइसोलेट कर लेना चाहिए

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघू शर्मा ने बताया कि राज्य में दो हजार चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रियाधीन थी लेकिन परीक्षा में कृछ खामियों के चलते इसकी समीक्षा की गई कमेटी ने भर्ती दोबारा करना तय किया है सभी पदों के लिए दोबारा विज्ञिप्त जारी कर परीक्षा ली जाएगी उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कम से कम समय में इस भर्ती को पूरा करने के निर्देश दिए हैं विभाग के अधिकारियों ने एक से डेढ महीने में यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए आश्वस्त किया है

इनमें से एक मशीन इस महीने के अंत तक और दूसरी अक्टूबर में मिल जाएगी

एनटीए के महानिदेशक डॉक्टर विनीत जोशी ने कहा कि सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी प्राथमकिता है उन्होंने आश्वासन दिया कि परीक्षा के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के बारे में सरकारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा

आकाशवाणी के समाचार प्रभाग की ओर से पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा